राज्यपाल ने कहा कि वे नियमित तौर पर प्रदेश सरकार के अधिकारियों से बैठकें और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व बुद्धिजीवियों से बातचीत करते हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ समन्वय बनाकर कोरोना पर नियंत्रण की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को प्रदेश की पूरी स्थिति से अवगत करवाया और कुछ सुझाव भी दिए पोखरियाल सुरेश भारद्वाज केन्द्र सरकार ने स्कूलों में गर्मी की छ्ट्टियों के दौरान भी विद्यार्थियों को मध्यान्न भोजन प्रदान करने का निर्णय किया है इससे करीब ग्यारह करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा केन्द्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी

इसके लिए आवंटन बढ़ाकर आठ हजार एक सौ करोड़ रुपये कर दिया गया है इस दौरान शिमला से शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रमेश पोखरियाल निशंक को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर आधारित राज्य में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों से अवगत कराया उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा द्रदर्शन शिमला और इंटरनेट के माध्यम से डिस्टेंस लर्निंग की पहल की जा रही है सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश में चार केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति देने का भी उनसे आग्रह किया

राजस्व आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हिमाचल के पांच हजार से अधिक लोगों को हेल्पलाइन नंबरों और ई मेल के माध्यम से सहायता प्रदान की है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिल्ली और चंडीगढ़ में अपने अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं और बाहर फंसे लोगों से प्राप्त कॉल व ई मेल के आधार पर राहत कार्यों की निगरानी की जा रही है अग्निकांड शिमला जिला की चिड़गांव तहसील के शिस्तवाड़ी गांव में आज सुबह करीब चार बजे भीषण आग लगने से एक मंदिर समते आठ मकान जलकर राख हो गए रोहड् के एसडीएम बीआर शर्मा के मुताबिक इस घटना में दो लोग झुलसे हैं और गांव का एक व्यक्ति लापता है आग लगने की घटना का पता नहीं चल पाया है इस घटना में कई परिवार बेघर हुए हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने शिक्षा मंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है केन्द्र की सलाह लॉकडाउन के बाद खोलें स्कूल शिक्षकों से नहीं लेंगे गैर शिक्षण कार्य दिव्य हिमाचल का शीर्षक है स्कूल खोलने की तैयारी में हिमाचल छात्रों को जल्द लाने का रिस्क नहीं लेगी सरकार पंजाब केसरी के शब्द हैं लॉकडाउन खुलने के बाद ही खुलेंगे हिमाचल के स्कूल दैनिक जागरण के मुताबिक यातायात व्यवस्था बहाल होने पर ही खुलेंगे स्कूल

जबकि अमर उजाला ने लिखा है हिमाचल में यात्री वाहन जल्द दौड़ाने की तैयारी गडकरी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद सरकार ने प्लान तैयार करने को कहा

पांच महीने बाद रोहतांग फिर ग्रलजार दैनिक ट्रिब्यून की खबर है छठे दिन भी राहत कोरोना का कोई नया मामला नहीं हिमाचल में सुधरे हालात दैनिक जागरण की खबर है